् मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कोविड महामारी के दौरान लोगों की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

्र प्रदेश में सर्दी का असर बढा माउन्ट आवू में पारा जमाव बिन्दु के करीब चूरू और सीकर में शीत लहर का प्रकोप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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की वर्चअल माध्यम से आधारशिला रखने के दौरान ये बात कही उन्होने कहा कि महिलाए पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझती हैं

कोविड संकमण की रोकथाम के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज एक समीक्षा बैठक हुई इस वर्चुअल बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई और लोगों से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई

कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में जाने वाले दवाइयों सहित अतिआवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित लोगों और बस ट्रेन और हवाई जहाज़ में सफर करने वालों को आने जाने के लिए छूट दी गई है

वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट तिरानवे दशमलव छः आठ प्रतिशत हो गई है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

मतदान सुबह साढे सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा निर्वाचन विभाग ने चुनाव के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं चूरू बीकानेर झालावाड़ सहित अन्य जिलों में मतदानकर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया मतदान दल गंतव्य स्थलों पर पहुंचने शुरू हो गये हैं

इस बीच दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिये भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की ओर से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया जा रहा है

आठ दिसम्बर को वोटों की गिनती की जायेगी

इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है आरोपितों से पूछताछ की जा रही है

ट्रॉली में सवार लोग पपलाज माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे

घायलों को दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

पुलिस मामले की जांच कर रही है

गुजरात के पाटन से जैसलमेर घूमने आये इन सैलानियों को राजकीय जवाहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से गौ संरक्षण और संवर्धन की बात कही गोपाष्टमी के मौके पर चूरू सीकर बूंदी और राजसमन्द सहित विभिन्न जिलों से गौवंश की पूजा अर्चना के समाचार मिले हैं इस अवसर पर गायों का श्रंगार भी किया गया राजसमन्द में आज वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में गोपाष्टमी परम्परानुसार मनाई गई कोविड महामारी के कारण चूरू की गौशाला में हर वर्ष लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया

प्रदेश में तापमान में आई गिरावट और सर्द हवाओं के कारण ठण्ड का असर बढने लगा है चूरू और सीकर में शीत लहर का प्रकोप है पर्वतीय पर्यटन स्थल माउन्ट आबू में पारा जमाव बिन्दु के करीब पहचने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है

अगले दो दिनों में राज्य के उत्तरी हिस्सों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं